प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों व प्रशासकों के साथ बातचीत करेंगे

सोलह जून को प्रधानमंत्री इक्कीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से बात करेंगे इनमें झारखंड पंजाब असम केरल उत्तराखंड छत्तीसगढ त्रिप्रा हिमाचल प्रदेश गोवा मणिपुर नागालैंड मेघालय सिक्किम अरुणाचल प्रदेश चंडीगढ़ पुडुचेरी लद्दाख दादर नगर हवेली अंडमान निकोबर दमन दीव और लक्षद्वीप शामिल हैं जबकि सत्रह जून को पीएम मोदी महाराष्ट्र तमिलनाडु गुजरात राजस्थान उत्तरप्रदेश मध्य प्रदेश कर्नाटक पश्चिम बंगाल बिहार आंध्र प्रदेश हरियाणा जम्मू कश्मीर तेलंगाना ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे इससे पहले प्रधानमंत्री बारह मई भी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत कर चुके हैं बारह मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में जन से जग का नारा देते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर जोर दिया था उन्होंने राज्यों से संक्रमण गांवों तक न पहुंचने देने की रणनीति बनाने का आग्रह भी किया था

प्रवेश द्वार या कक्ष में सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान अनिवार्य होगा कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग होंगे पार्किंग स्थलों और कार्यालय परिसरों के बाहर भीड़ से बचने के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए समय समय पर प्रभावी स्वच्छता और नियमित साफ सफाई भी की जानी चाहिए

उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उन निजी कम्पनियों पर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान नहीं किया है न्यायमूर्ति अशोक भूषण संजय किशन कौल और एम आर शाह की पीठ ने कहा कि उदयोगों और कर्मचारियों दोनों को एक दूसरे की जरूरत है इसलिए दोनों पक्षों को मिलजुल कर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए पीठ ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे समाधान की इस प्रक्रिया में सहयोग करें और इस बारे में संबंधित श्रम आयुक्तों को अपनी रिपोर्ट दें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

वायरस फैलने से रोकने के लिए राज्यों को संक्रमण के नए केंद्रों तथा नियंत्रण के उपायों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमित लोगों की जल्द पहचान करने के लिए विशेष दलों के जरिए घर घर जाकर निगरानी करना महत्वपूर्ण है झारखंड में दो राज्यसभा सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने विधायक बाबूलाल मरांडी प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की स्थिति स्पष्ट कर दी है आयोग ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान बाबूलाल मरांडी भाजपा विधायक के तौर पर वोटिंग करेंगे वहीं प्रदीप यादव और बंध् तिर्की निर्दलीय विधायक के तौर पर वोट करेंगे इस संबंध में आयोग की ओर से अवर सचिव प्रफुल्ल अवस्थी ने झारखंड विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद को लिखा है इस पत्र में तत्कालीन झारखंड विकास मोर्चा के तीनों विधायकों का स्टेट्स स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह निर्देश सिर्फ राज्यसभा चुनाव के लिए है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर बाद बीआरओ की स्पेशल ट्रेन को रवाना करेंगे मुख्यमंत्री दुमका पहुंच चुके हैं वे दुमका रेलवे स्टेशन पर विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे

इसमें मैक्स अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर बलबीर सिंह भाग लेंगे

गिरिडीह पुलिस ने बारह साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है इन अपराधियों के पास से बीस से ॅ अधिक मोबाइल और सिमकार्ड बरामद किए हैं साइबर डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में हई छापेमारी में इन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है ये अपराधी बैंक मैनेजर बनकर लोगों से ठगी करते थे गिरिडीह के ताराटांड़ थाना क्षेत्र से इन अपराधियों को रंगेहाथ पकड़ा गया गिरफ्तार अपराधियों में कई पेशेवर साइबर अपराधी हैं राज्य में सरकारी स्कूलों को खोलने से पहले शिक्षिकों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर कल परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शिक्षकों का प्रशिक्षण सोलह जून से शुरू हो रहा है इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी जिसमें अस्सी प्रतिशत के साथ पास होना शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा संबंधित स्कूल के एक शिक्षक को यह परीक्षा पास करनी होगी इसके बाद ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा प्रवासी मजदूरों के बेरोजगारी दूर करने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग प्रयास कर रहा है

केंद्र सरकार ने ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड धारकों सहित निश्चित श्रेणियों के विदेशियों के देश में प्रवेश को और आसान बना दिया है ओसीआई कार्ड धारक ऐसे बच्चों को देश में आने की अनुमति दी गई है जो वयस्क नहीं हैं और जिनके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं अपने ै निकटतम पारिवारिक सदस्य की गंभीर चिकित्सा स्थिति या मृत्यू सहित पारिवारिक आकस्मिक स्थिति के मामले में भारत लौटने के इच्छुक ओसीआई कार्ड धारकों को भी यात्रा करने की अनुमति दी गई है सरकार ने ऐसे विवाहित जोड़ों को भी देश में आने की अनुमति दी है जहां उनमें से कोई एक ओसीआई कार्ड धारक है और दूसरा भारतीय नागरिक है झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है श्री प्रसाद ने कहा है कि उन्होंने निजी कारणों से अपना इस्तीफा दिया है श्री प्रसाद का कार्यकाल मार्च दो हजार इक्कीस तक था जुलाई दो हजार सत्रह में तत्कालीन रघुवर सरकार ने श्री प्रसाद को आयोग का अध्यक्ष बनाया था

अवैध रूप से राशन कार्ड इस्तेमाल करने के संबंध में रामगढ़ जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है

कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान पैसे की कमी से जूझ रहे किसानों को बैंकों ने अधिकतम पचास हजार रुपए तक की ऋण देने की योजना शुरू की है इस ऋण के लिए किसानों को गारंटी के तौर पर कोई चीज बैंकों के पास गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यह ऋण योजना केवल छोटे और गरीब किसानों के लिए शुरू की गई है केंद्र सरकार के गरीब कल्याण योजना का गरीब परिवारों को काफी लाभ मिल रहा है

झारखंड में पिछले चौबीस घंटों में संतावन कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इन्हें लेकर अब तक राज्य में कृल सोलह सौ संतावन मरीज मिल चुके हैं इनमें से आठ मरीज की मौत हो चुकी है जबकि अब तक राज्य में सात सौ बत्तीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में कल उन्नीस सौ बाइस सैंपल की जांच हई है इनमें चतरा से तीन ग्मला से उन्नीस सिमडेगा से तीन रामगढ़ और पश्चिमी सिंहमूम और पूर्वी सिंहमूम से चार चार लातेहार से दो पलामू से सात रांची से तीन और देवघर से एक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं

लातेहार जिले में कल रात कोरोना पॉजिटिव दो मरीज मिले हैं जिसमें एक गारु व एक महुआडांड़ में क्वारेंटाइन सेंटर में था दोनो प्रवासी मजदूर हैं इसकी पुष्टि जिले के उपायुक्त जिशान कमर व सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव ने की है

सभी प्रवासी मजदूर हैं जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने इसकी पुष्टि की है टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद चारों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को चक्रघरपुर स्थित कोविड अस्पताल ले जाया गया